प्रदूषण को देखते हुए राज्य के छह शहरों में ग्रीन क्रैकर्स की ही बिक्री की जाएगी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

उन्होंने कहा कि सर्दी बढ़ने और त्योहारी सीजन को देखते हुए और सतर्क रहने की जरूरत है

बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और टेस्टिंग के साथ ही जागरूकता बढ़ाए जाने की जरूरत है

उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोविड के बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में अस्पताल हैं अस्पतालों में वेंटीलेटर आईसीयू बेड और ऑक्सीजन सप्लाई भी उपलब्ध है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारी सीजन के चलते राज्य में काफी लोग अन्य प्रदेशों से आ रहे हैं कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए ग्राम स्तर तक कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और जागरूकता पर काम किया जा रहा है थल सेना प्रमुख थल सेना प्रम्ख जनरल मनोज म्कंद नरवड़े ने आज माणा से लगी और उससे आगे भारत चीन सीमा पर सेना की चौकियों का हवाई निरीक्षण किया

सूत्रों के अन्सार थल सेना प्रम्ख ने नीती मलारी और अग्रिम भारतीय सीमा चौकी रिम खिम का भी हवाई निरीक्षण किया इसके बाद वो ब्रिगेड हेडक्वाटर जोशीमठ पहुंचे जहां वो आज रात्रि विश्राम करेंगे थल सेना प्रमुख के कार्यक्रम को लेकर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है आमजन मानस और प्रशासन को भी कार्यक्रम से दूर रखा गया है एमओयू भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद देहरादून और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान धनबाद के बीच वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए समझौता जापन पर खनन क्षेत्र में सुधार और वानिकी अन्संधान और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान और संय्क्त अन्संधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने पर सहमति बनी इस सहयोग के माध्यम से भारतीय वानिकी अन्संधान एवं शिक्षा परिषद और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञताओं को साझा करेंगे इससे तकनीकी अंतराल की पहचान करने वन आधारित प्रौद्योगिकियों के विस्तार हितधारकों को सूचना के प्रसार के लिए संसाधनों के आदान प्रदान में मदद मिलेगी यह आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने और वन आधारित सम्दायों की आय बढ़ाने के साथ साथ संसाधनों के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए उद्योगों की सहायता करने में भी मदद करेगा दोनों संगठनों से संबंधित वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों और केंद्रों के बीच अंतर संस्थागत लिंक सहयोग को और मजबूत करेंगे बिहार चुनाव बिहार में सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने सत्ता पर पकड़ बरकरार रखी है

बिहार में एनडीए की जीत पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि बिहार ने द्रनिया को लोकतंत्र का पहला पाठ पढ़ाया था और इसने फिर विश्व को यह बताया है कि लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जा सकता है उन्होंने बिहार के लोगों को एनडीए का समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि लोगों के आशीर्वाद से बिहार में एक बार फिर से लोकतंत्र की जीत हई है बड़ी संख्या में गरीबों वंचितो और महिलाओं ने मतदान किया है और विकास को तरजीह दी है प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार के प्रत्येक मतदाता ने साफ साफ यह जता दिया है कि विकास उनकी प्राथमिकता है

इसके अनुसार हरिद्वार देहरादून ऋषिकेश हल्द्वानी रुद्रपुर और काशीपुर के शहरी सीमा क्षेत्रों में सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स की ही बिक्री की जाएगी

सभी जिलाधिकारियों और प्लिस अधिकारियों को इस संबंध में सूचना जारी कर दी गयी है और आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है

अस्पतालों में इमरजेंसी मामलों के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था की गई है डॉक्टरों को अलर्ट पर रखा गया है प्रदेश भर में तैनात सभी एम्बुलेंस को हाई एलर्ट पर रखने के भी निर्देश दिये गये हैं कर्मचारियों को किसी भी आपात स्थित से निपटने के लिए म्स्तैद रहने को कहा गया है

उन्होंने कहा कि दीपावली और धनतेरस के दौरान संवेदनशील स्थानों पर तैनात एम्ब्लेंस जाम में न फंसे इसके लिए भी व्यापक स्तर पर तकनीकी परीक्षण दिया जा रहा है इस बीच बाजारों में रौनक नजर आ रही है राजधानी देहरादून के मुख्य बाजार में बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं

वहीं प्रशासन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के प्रति लोगों को जागरूक करने के साथ ही सख्ती कर रहा है

उन्होंने लोगों से अपील की कि वह त्योहारी सीजन को देखते ह्ए खास एहतियात बरतें